अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया

यह राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष कमजोर और हाशिए पर रह रही महिलाओं के सशक्तीरकरण के लिए अनुकरणीय कार्य करने पर व्यक्तियों समूहों और संस्थानों को प्रदान किए जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर समाज को बधाई दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हम अपनी नारी शक्ति की ऊर्जा और उपलब्धियों को नमन करते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि वे आज साइन ऑफ कर रहे हैं और आज के दिन उनके सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से उपलब्धियां हासिल कर चुकीं सात महिलाएं अपनी जीवन के बारे में जानकारी देंगी और संभवतः लोगों के साथ संवाद करेंगी उन्होंने कहा कि शानदार उपलब्धियों को हासिल कर चुकी महिलाएं भारत के हर हिस्से में हैं और इन महिलाओँ ने हर क्षेत्र में महान कार्य किए हैं श्री मोदी ने कहा कि इन महिलाओं का संघर्ष और आकांक्षाएं करोडों लोगों को प्रोत्साहित करती हैं उन्होंने इन महिलाओं की उपलब्धियों की सराहना करने और उनसे सीखने की समाज से अपील की

मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी के सहयोग से ही षिक्षा सुरक्षा सभ्यता और प्रगतिषील समाज का निर्माण होता है उन्होंने कहा कि सषक्त भारत के निर्माण में नारियों के अदम्य साहस और उपलब्धियों की अहम भूमिका रही है

बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड स्थित कोह गांव की ज्यादातर महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं यहां की महिलाओं ने फूल की खेती और पोल्ट्री फॉर्म खोलकर अपना और अपने परिवार के जीवन स्तर में उल्लेखनीय बदलाव लाया है

यूरोप में इटली कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देश है

वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए इटली के उत्तरी प्रान्तों के लोगों को अप्रैल के शुरू तक अलग रखा जा सकता है इटली में जिन स्वीमिंग पुल स्कीइंग और पर्यटन स्थल बंद किए जाएंगे

श्री गुप्ता कल जमषेदपुर के तिलक पुस्तकालय में आयोजित जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि झारखंड में अब तक कोरोना का कोई भी मरीज नहीं मिला है विदेषों से पहंचे दस लोगों का डॉक्टरों की टीम ने जांच की है जिसमें किसी का भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं पाया गया है

निदेशालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत राणा कपूर का बयान दर्ज किया है दिल्ली और मुम्बई में राणा कपूर की तीन बेटियों के परिसरों पर भी कर्ल छापे मारे गए केप्रो के खिलाफ धन शोधन का यह मामला दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन डीएचएफएल घोटाले से जुड़ा है येस बैंक ने इस कंपनी को ऋण दिया था जिसे कंपनी ने नहीं चुकाया

राज्यपाल द्रौपदी मुर्म ने रेडियो खांची का उदघाटन किया इसे एफ एम पर नब्बे दशमलव चार मीटर पर सुना जा सकता है विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडेय ने इस रेडियो स्टेशन को उन सभी महिलाओं को समर्पित किया है जो पुरुषों की प्रगति में सदैव प्रेरणा रही हैं पष्चिमी सिंहभूम जिले के नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रषासनिक तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं चक्रधरपुर नगर परिषद के आम चुनाव और चाईबासा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मतदाता सूची का प्रकाषन कर दिया गया है

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है ताजा समाचार लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया ने नौ ओवर में बिना कोई विकेट गवांए उनासी रन बना लिये हैं भारत इस प्रतियोगिता में अब तक कोई मैच हारा नहीं है ऑस्ट्रेलिया इस प्रतियोगिता में लगातार छठी बार जबकि भारत पहली बार फाइनल में पहुंचा है